मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा इस सिलसिले में श्री कुमार ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की आज प्रर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे राजभवन में आयोजित समारोह में आठ मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाये जाने की संभावना है ये सभी जदयू के हैं इनमें तीन विधान पार्षद और पांच विधायक है विधान पार्षदों में अशोक चौधरी संजय झा और नीरज कुमार जबकि विधायकों में श्याम रजक नरेंद्र नारायण यादव बीमा भारती रामसेवक सिंह और लक्ष्मेश्वर राय के नाम शामिल हैं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 आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग से जुड़े कार्यक्रमों और योग प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों की जानकारी देने के लिये एक मोबाइल ऐप जारी किया है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 अधिकारी ने बताया कि यह एक स्थाई ऐप होगा जो वर्ष भर आसपास के इलाके में हो रही योग संबंधी गतिविधियों की जानकारी देगा राज्य सरकार ने इस वर्ष दो लाख युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है रोजगार के लिये युवाओं को दो साल तक एक एक हजार रूपये भत्ता देने का जिलावार लक्ष्य तय किया गया है विभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत चौरसिया ने बताया कि आवादी के अनुसार एक से छह फीसदी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत योजना और विकास विभाग अठारह से पच्चीस वर्ष के बेरोजगार युवाओं को यह सुविधा दे रही है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी इलाके में सरकारी जमीन पर बने पोखर आहर पइन छोटे छोटे नहर आदि जलनिकायों को जीवनदान मिलेगा विभागीय अधिकारियों ने कहा कि इन्हें चिंहित कर उसे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और शीघ्र ही इन्हें जल संरक्षण के अनुकूल बनाया जायेगा गौरतलब है कि न्यायालय ने भी जलनिकायों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में आदेश दिया है पटना वैशाली दरभंगा मधुबनी समेत राज्य के तेरह जिलों को तंबाकुमुक्त घोषित किया जा चुका है पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि बच्चों को तंबाकु से दूर रखने के लिये सरकार हर संभव प्रयास कर रही है स्कूलों और बच्चों को तंबाकू से दूर रखने के लिये कई स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं श्री पाण्डेय ने कहा कि हेपेटाइटीस सी के टिके का दाम कम करने के लिये सरकार हर संभव प्रयास करेगी

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख इकतीस जुलाई निर्धारित की है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वेतन भूगतान पर वार्षिक टीडीएस प्रमाण पत्र फार्म सिक्सटीन पंद्रह जून दो हजार उन्नीस तक कंपनी की ओर से जारी किया जाना आवश्यक है इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत आय पर कटौती के लिये फॉर्म सिक्सटीन ए जारी किया जाता है विभाग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इनकमटैक्स इंडिया ईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन रिर्टन भरा जा सकता है पुरबैया हवा चलने के कारण पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने आज भी भागलपुर पूर्णिया कटिहार अररिया और सुपौल जिले में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से तेज बारिश हो सकती है इधर अररिया जिले में आज सुबह तेज आंधी और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुयी तेज आंधी से कई इलाकों में पेड़ गिरने से आवागमन ठप्प हो गया है पटना स्थित नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी एनआईटी की सभी शाखाओं में पच्चीस प्रतिशत सीटें बढ़ायी गयी है इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके साथ ही शोध के लिये राशि पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रूपये तक करने का प्रावधान किया गया है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आज प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर रहा है इसके लिये पटना में तिरानवे केंद्र बनाये गये हैं परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक जबकि दूसरी पाली दिन के ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक होगी प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग चालीस हजार छात्र शामिल होंगे रेलवे ने पटना कोटा एक्सप्रेस में चार जून से एसी थ्री का एक कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है इसके बाद ट्रेन में एसी थ्री कोच की संख्या चार हो जायेगी वहीं अर्चना एक्सप्रेस में स्लीपर का एक कोच बढ़ाया गया है जमुई जिले में खैरा थाना क्षेत्र के दीप करहर से सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने चार लोगों की हत्या के मामले में नामजद आरोपी एक नक्सली मोती मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है पूर्णिया पुलिस ने नशीली दवाओं और गांजा की बड़ी खेप के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में मकान में छापेमारी कर तीन हजार एक सौ साठ बोतल प्रतिबंधित नशीली कप सिरप बरामद की गयी है बेगूसराय पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक और अवर निरीक्षक स्तर के चौदह पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है फिलीपिंसी में उन्नीस से बाईस जून तक आयोजित होने वाली एशियन विमेन्स फिफ्टीन ए साइड रग्बी फूटबॉल चैंपियनशिप के लिये राष्ट्रीय कैंप में बिहार के तीन खिलाड़ियों का चयन किया गया है इनमें पटना की स्वीटी कुमारी नालंदा की स्वेता शाही और खगड़िया की कविता कुमारी शामिल हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित रणधीर वर्मा अंडर नाईंटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में मेजबान खगड़िया की टीम ने गया के खिलाफ एक सौ सत्ताईस रनों की बढ़त बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है सभी पंचायतों में अगले साल से नौवीं की पढ़ाई होगी बत्तीस हजार शिक्षक होंगे बहाल दैनिक भास्कर की सुर्खी है भाजपा के साथ आने के तेईस माह बाद आज नीतीश करेंगे कैबिनेट विस्तार नरेंद्र यादव संजय झा अशोक चौधरी श्याम रजक राम सेवक नीरज व लक्ष्मेश्वर का मंत्री बनना तय दैनिक जागरण की सुर्खी है और देरी से पहुंच सकता है मॉनसून प्रभात खबर का शीर्षक है कांग्रेस का निर्णय सोनिया फिर चुनी गयी संसदीय दल की नेता लोकसभा में फिर इस बार नहीं होगा नेता प्रतिपक्ष सीट रहेगी खाली राष्ट्रीय सहारा ने नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सात नये सदस्यों को मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल आज अखबार ने अपने खेल के पन्नों पर सुर्खी बनाते हुये लिखा है न्यूजीलैंड के आगे श्रीलंका ने घुटने टेके और अब अंत में मुख्य समाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का करेंगे विस्तार